सांसद शांता कुमार ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर किसानों को सीधी आय सहायता लागू करने की मांग की केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रामीण डाक सेवकों के वेतन और भत्तों के ढांचे में संशोधन को दी मंजूरी मंत्रिमंडल राज्य सरकार ने चिकित्सा महाविद्यालयों के प्रभावी प्रबंधन व अनुश्रवण के लिए मण्डी जिले के नेरचौक स्थित चिकित्सा विश्वविद्यालय को कियाशील बनाने का निर्णय लिया है मुख्यमंत्री जयराम ठाकर की अध्यक्षता में आज शिमला में हई प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में ये निर्णय लिया गया

इस दौरान मुख्यमंत्री मधु विकास योजना को लागू करने के लिए दिशा निर्देशों को मंजूरी दी गई बैठक में विभिन्न विभागों में अलग अलग श्रेणियों के पद भरने को भी स्वीकृति दी गई

वीरेन्द्र कंवर ने कहा अनुमानित लागत पर अनुदान की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डाली जाएगी

वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि ट्राउट हैचरी और इकाईयों के पात्र लाभार्थियों का चयन किया जा चुका है और जल्द ही उन्हें स्वीकृत राशि प्रदान की जाएगी उन्होंने बेरोजगार युवाओं से आत्मनिर्भर बनने के लिए मत्स्य पालन विभाग की योजनाओं के साथ जुड़कर आर्थिकी सुधारने का आहवान किया है

सोलन निर्वाचन क्षेत्र में जौणाजी पंचायत में राजकीय प्राथमिक पाठशाला कनाह के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही राजीव सहजल ने कहा कि सोलन जिले को विभिन्न योजनाओं के तहत समुचित धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी सहजल ने कहा किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा देने के लिए जल से कृषि को बल नामक एक नई योजना शुरू की जाएगी इसके तहत आगामी पांच वर्षो में अढ़ाई सौ करोड़ रूपये खर्च किए जाएगे इस मौके उन्होंने जनसमस्याएं सुनी और अधिकारियों को इनके जल्द निपटारे के निर्देश दिए शांता कुमार सांसद शांता कुमार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर देश के किसानों को सीधी आय सहायता लागू करने की मांग की है धर्मशाला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने ये जानकारी देते हुए बताया कि आजादी से लेकर आज तक कृषि क्षेत्र और किसानों की बेहतरी के लिए किसी भी सरकार ने नहीं सोचा

शांता क्मार ने कहा कि निगम में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है और यदि खाद्यान वितरण व्यवस्था में उपभोक्ता को सीधे खाते में धन उपलब्ध करवाया जाए तो भ्रष्टाचार व फिजूलखर्ची खत्म होगी

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने उपरी स्तरे पर भ्रष्टाचार खत्म कर दिया है लेकिन निचले स्तर पर चल रहे भ्रष्टाचार को खत्म होने में समय लगेगा मस्तिष्क ज्वर सोलन ज़िले के धर्मपुर विकास खंड में मस्तिष्क ज्वर से पीड़ित रोगियों की जानकारी लेने के लिए राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग से संबंधित एक दल ने आज क्षेत्र का दौरा किया स्वास्थ्य विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि दल ने विभिन्न गांवों से मच्छर व कीट डिम्भ के नमूने एकत्रित किए उन्होंने बताया कि मस्तिष्क ज्वर का आज भी कोई नया रोगी नहीं पाया गया प्रवक्ता ने बताया कि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र का एक दल भी मस्तिष्क ज्वर की जांच के लिए सोलन पहंच गया है और स्थिति पर पूरी नजर रखी जा रही है मंत्रिमंडल डाक सेवा केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने डाक विभाग के ग्रामीण डाक सेवकों के वेतन और भत्तों के ढांचे में संशोधन को मंजूरी दे दी है

इस संशोधन से तीन लाख सात हजार ग्रामीण डाक सेवक लाभन्यित होंगे महंगाई भत्ता पहले की तरह अलग से अदा किए जाएंगे इसके अलावा केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए जब कभी महंगाई भत्ते में संशोधन किया जाएगा ग्रामीण डाक सेवकों के भत्ते में भी इसी प्रकार संशोधन किया जाएगा इस संशोधन से ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी डाक सुविधायें और सुदृढ़ होंगी परिषद प्रदेश विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद की आज हुई बैठक में नवनियुक्त सदस्य प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव में दिव्यांग विद्यार्थियों के कई मुददे उठाए उन्होंने दृष्टि बाधित व अन्य दिव्यांगजनों की परीक्षाओं के लिए बनाई गई विस्तृत नीति को लागू करने पर बल दिया ताकि इस वर्ग के विद्यार्थियों को सुविधा मिल सके अजय श्रीवास्तव ने कहा कि दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए हर प्रकार के विशेष शल्क में एससी एसटी के बराबर रियायत दी जानी चाहिए उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के निशुल्क शिक्षा के आदेश के मद्देनजर इन विद्यार्थियों को कन्सोलिडेटिड मार्कशीट मुफ्त उपलब्ध करवाई जाए दुर्घटना सिरमौर ज़िले के संगड़ाह उपमंडल में बड़ग टिप्परी लोहली के पास एक गाड़ी के खाई में गिरने से दो व्यक्तियों की मौत हो गई नाहन से हमारे प्रतिनिधि ने बताया है कि ये वाहन घाटों से बड़ग की तरफ आ रहा था दोनों मृतक दानो गांव के निवासी थे फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हादसे में कितने लोग घायल हए हैं सड़क मार्ग लाहौल स्पीति ज़िले में ग्राम्फू काजा सड़क की खस्ता हालत से स्पीति में पर्यटन कारोबार प्रभावित होने के अलावा लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है

लोगों का कहना है कि सड़क गड़ढों में तबदील हो चुकी है जिससे पर्यटक यहां आने से गुरेज कर रहे हैं और मरीजों को ले जाने में भी परेशानी हो रही है गैस आपूर्ति शिमला जिले में रसोई गैस की आपूर्ति को लेकर उपायुक्त अमित कश्यप की अध्यक्षता में आज शिमला में एक समीक्षा बैठक हई इसमें भारतीय तेल निगम संबंधित गैस ऐजेंसी के प्रबंधक और खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया भारतीय तेल निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक ने बताया कि जिले में गैस की कोई कमी नहीं है और उत्तम इंडेन सर्विस में लेबर के मुद्दे को अब सुलझा लिया गया है और उपभोक्ताओं को चार दिन में रसोई गैस का बैकलॉग प्रा किया जाएगा

उन्होंने कहा कि इस महाक्भ के माध्यम से ग्रामीण व पंचायत स्तर की प्रतिभाओं को मंच उपलब्ध करवाया जा रहा है ताकि वे अपनी प्रतिभा निखार सके अनुराग ठाक्र ने कहा कि खेल महाकंभ में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के करीब एक लाख युवाओं तक पहंच कर उन्हें खेलों के जरिए मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है उन्होंने बताया कि इसके तहत चार चरणों में प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी और ये पांच साल की योजना है अनुराग ठाक्र ने कहा कि इसका उददेश्य युवाओं की खेलों में भागीदारी बढ़ाने के अलावा उन्हें नशे से दुर रखते हए उनकी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए रहे और कुछ स्थानों पर रूक रूक कर वर्षा हुई चंबा ज़िला के जडेरा गांव में कल शाम आसमानी बिजली गिरने से दो बच्चों की मौर्क पर ही मौत हो गई ये दोनों स्कूल से छटटी होने पर घर लौट रहे थे राजधानी शिमला व आसपास के इलाकों में दिनभर बादल छाए रहे जिससे मौसम सुहावना बना रहा